प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी दिल्ली में ऐतिहासिक लालकिले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराया और राष्ट्र को संबोधित किया प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार गठन के दस सप्ताह के भीतर ही सरकार ने लोगों की आकांक्षाएं पूरी करने का काम किया है अनुछेद तीन सौ सत्तर और अनुछेद पैंतीस ए हटाकर सरदार वल्लभभाई पटेल के सपनों को साकार करने में अहम कदम उठाया गया प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के सपनों को साकार करना हम सबकी जिम्मेदारी है उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख देश की समृद्धि के लिये प्रेरक बन सकते हैं

प्रधानमंत्री ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं के अधिकार के लिये तीन तलाक के खिलाफ कानून बनाया गया उन्होंने कहा कि दूनिया के कई इस्लामिक देशों ने इस कुप्रथा को पहले ही खत्म कर दिया था हम किसी न किसी वजह से हिचकते रहे अगर देश में हम सतीप्रथा को खत्म कर सकते हैं हम भ्रूण हत्या को खत्म करने के कानून बना सकते हैं अगर हम बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं हम दहेज में लेन देन की प्रथा के खिलाफ कठोर कदम उठा सकते हैं तो क्यों न हम तीन तलाक के खिलाफ भी आवाज उठाएं नरेन्द्र मोदी ने कहा कि सरकार ने सौ लाख करोड़ रुपये आधुनिक बुनियादी ढांचे पर लगाने का फैसला लिया है

उन्होंने कहा कि आज़ादी के सत्तर साल में हम दो ट्रिलियन की इकॉनमी तक पहुंचे पांच साल में हमने इसमें एक ट्रिलियन और जोड़ा प्रधानमंत्री ने कहा कि तीन सौ तीस करोड़ देशवासी अगर आज से एक साथ चल पड़ें तो पांच ट्रिलियन इकॉनमी का मुश्किल काम ज़रूर संगव होगा पाइव ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी कइयों को मुश्किल लगता है वह गलत नहीं हो सकते लेकिन अगर मुश्किल काम नहीं करेंगे तो देश आगे कैसे बढेगा

एक ट्रिलियन डॉलर हमने जोड़ दिया आने वाले पांच साल में हम पाइव ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बन सकते हैं प्रधानमंत्री ने महत्वपूर्ण फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि अब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस का नया पद बनाया जायेगा किसानों का जिक्र करते हए प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के ज़रिये किसानों के खाते में नबे हज़ार करोड़ रुपये देने का काम सफलतापूर्वक बढ़ा है प्रघानमंत्री मोदी ने देश को प्लास्टिक मुक्त बनाने का आहवान किया उन्होंने देशभर के अधिकारियों से आग्रह किया कि प्लास्टिक को एकत्र करने की व्यापक व्यवस्था तैयार करें ताकि इस वर्ष दो अक्तूबर को स्वच्छ भारत की ओर एक सशक्त कदम आगे बढ़ाया जा सके प्रदेश में भी आज तिहत्तरवां स्वतंत्रता दिवस उल्लास के साथ मनाया जा रहा है इस अवसर पर जगह जगह विविध कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं स्वतंत्रता दिवस का मुख्य कार्यक्रम विधान भवन के सामने आयोजित हुआ जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झण्डारोहण कर प्रदेशवासियो को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कश्मीर से अनुच्छेद तीन सौ सत्तर समाप्त कर एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह का अभिनन्दन किया उन्होंने कहा कि देश को इसकी जरूरत आजादी के तत्काल बाद से ही थी श्री योगी ने कहा कि इस वर्ष राज्य में कई ऐसे आयोजन सम्पन्न हुये जिनसे प्रदेश की विशिष्ट पहचान और शाख बनी प्रयागराज में हुये कुंभ की चर्चा करते हुये उन्होंने कहा कि इस आयोजन में संयुक्त राष्ट्र संघ के एक सौ तिरानवे सदस्य देशों में से एक सौ सत्तासी देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया उन्होंने कहा कि हाल ही में प्रदेश ने पौधरोपण का नया कीर्तिमान बनाया है अगस्त क्रांति दिवस पर प्रदेश में बाईस करोड़ से अधिक पौधों का रोपण किया गया प्रदेश सरकार के इस कार्य को देश ही नही बल्कि दुनिया भर में सराहा गया डेस्क पवित्र श्रावण मास की पूर्णिमा पर आज प्रदेश भर में रक्षाबंधन का पर्व ध्मधाम से मनाया गया बहनों ने अपने भाईयों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी रक्षा की कामना की और भाइयों ने बहनों की रक्षा का वचन दिया प्रदेश सरकार ने रक्षाबंधन पर्व पर महिलाओं के लिए रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा की व्यवस्था की है आज ही लगभग एक पखवाड़े से चल रहा अयोध्या का सावन झूला मेला भी सम्पन्न हो रहा है अयोध्या में पूर्णिमा स्नान के लिए आज श्रद्दाल्ओं की भारी भीड़ जूटी भीड़ के दबाव के कारण वहां सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गयी थी श्रावण मास का आखिरी दिन होने के नाते आज ब्रम्हमुहूर्त से ही शिव मंदिरों में श्रद्वालुओं की भारी भीड लगी रही वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर सहित सभी शिव मंदिरों में कतारबद्द होकर श्रद्वालुओं ने अपनी बारी आने पर भगवान शिव को जल चढ़ाया इलाहाबाद कानपुर और गोरखपुर सहित अन्य स्थानों पर भी शिव मंदिरों में भगवान का जलाभिषेक करने के लिए श्रद्वालुओं का तांता लगा रहा